देशभर में आज से दूसरा वार्षिक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है

यह दिवस समाज में स्त्री पुरुष समानता लाने महिलाओं की उपलब्धियां उजागर करने और प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष आठ मार्च को मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है स्त्री प्ररुष समानता की पीढ़ी महिला अधिकारों का सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में पंद्रह महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए ये राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष कमजोर और वंचित महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति समुहों और संस्थानों को दिए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं

दंतेवाडा जिले के कुआकोंडा ब्लॉक के अंतर्गत समेली में जिला स्तरीय महिला समृह सम्मेलन हुआ इसमें माओवाद प्रभावित इलाके की हजारो महिलाए शामिल हुई दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो ने इस दौरान कला जत्था के जरिये गोण्डी बोली में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तृत कर माओवाद के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया वहीं सुरक्षा बलों की ओर से सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण महिलाओं को घरेलू सामग्री का वितरण भी किया गया उधर दूर्ग जिले में डेढ़ सौ महिला पुलिसकर्मियों ने रातभर पेट्रोलिंग कर यह संदेश दिया कि वे पुरूषों की तरह हर कार्य कर सकती हैं इसके जॉरेये उन्होंने यह संदेश दिया कि रात में महिलाए भी बेखौफ होकर कहीं भी आ जा सकती हैं दूर्ग में ही एक अन्य कार्यक्रम में महापौर देवेन्द्र यादव ने महिलाओं के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली और यह संदेश दिया कि महिलाए हमेशा आगे बढ़ती रहें और अपनी पहचान बनाएं इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया इधर रायपुर में रेल प्रशासन और मजदूर कांग्रेस की ओर से एक थीम रन रैली निकाली गई रैली को सेक्रो अध्यक्ष अपर्णो सहाय ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया यह रैली मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय से शरू हई जो विभिन्न स्थानों से होते हुए वापस डीआरएम कार्यालय पहुंची रैली में शामिल महिलाओं ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया मख्यमंत्री महिला दिवस मुख्मयंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि समाज के समग्र विकास के लिए महिलाओं का उत्थान जरूरी है कल रायपुर में महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास के हर क्षेत्र में महिलाए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया पोषण पखवाडा देशभर में आज से दूसरा वार्षिक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है दो सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन का मुख्य विषय भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने में पुरुषों की भूमिका से संबंधित है समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की विशेष महत्व की इस योजना को वर्ष दो हजार अट्ठारह में आज ही के दिन शुरू किया गया था इसका उद्देश्य देश में चरणबद्ध तरीके से कृपोषण की समस्या का समाधान करना है इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच तालमेल और परिणाम मूलक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है इधर छत्तीसगढ़ में पोषण पखवाड़े का शुभारंभ महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने रायपुर में किया उन्होंने सुपोषण रथ को हरी झण्डी दिखाॅकर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया यह पखेवाड़ा बाईस मार्च तक चलेगा

इस दौरान वे राजधानी रायपुर में उद्योगपतियों और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों प्रोफेशनल्स इंटलेक्व्अल्स और ओपिनियन मेकर्स के साथ बातचीत करेंगे श्री ठाकर सीबीआईसी और सीबीडीटी के अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श करेंगे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वे शाम को विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे

महिलाओं को आर्थिक मोर्च पर सशक्त और स्वावलंबी बनाने राज्य सरकार उन्हें रोजगार से जोडने के साथ ही कपोषण से मक्ति दिलाने के भी प्रयास कर रही है श्री बघेल ने आज मासिक रेडियो वार्ता कार्यक्रम लोकवाणी की आठवीं कड़ी में महिलाओं को बराबरी के अवसर विषय पर अपने विचार साझा किए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में स्त्री प्रूष अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर है

संख्या पुरूषों से भी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिला समूहों द्वारा निर्भित सामग्रियों को शासकीय खरीदी में पूरी प्राथमिकता दी जा रही है एक दुकान सब्बों सामान के नवाचार से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं आर्थिक सुधार कर रही हैं इससे तीस लाख से अधिक हितग्राहियों को पोषण योजनाओं का लाभ मिल रहा है मुख्यमंत्री ने ैकहा कि रायगढ़ और बीजापुर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं मैं पूरे प्रदेश में कार्यरत हजारों महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी लाखों महिलाओं को सेल्यूट करता हूं बहनों आप लोगों ने साबित किया है कि आप सचमच शक्ति स्वरूपा हो घर की जिम्मेदारी संमालने के बावजद आप लोगों ने डेहरी के बाहर कदम रखा गांव घर परिवार को समृद्ध खुशहाल बनाया है मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश में चार हजार दो सौ पचपन सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं कोरोना वायरस प्रदेश के स्वास्थ्य विमाग ने कोरोना वायरस संदिग्धों की जांच के लिए सभी अस्पतालों को पत्र लिखकर चौदह विन्हांहित देशों से लौटने वाले लोगों की संपूर्ण जांच करने के निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य विमाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को चीन मकाउ सिंगापुर हांगकांग आस्ट्रेलिया थाईलैंड इण्डोनेशिया कोरिया जापान ईरान इटली दुबई नेपाल और मलेशिया से आने वाले लोगों की जांच करने को कहा है वहीं संदिग्धों के सैंपल जांच की व्यवस्था रायपुर के एम्स में की गई है इस बीच राजनांदगांव जिले में कोरोना के तीन संदिग्ध मरीज पाए जाने की सूचना मिलने के बाद उनके ब्लड सैंपल रायपुर के एम्स में जांच के लिए भेजे गए हैं ये तीनों व्यक्ति एक ही परिवार के हैं और हाल ही में ये लोग दुबई से वापस लौटे हैं बातों बातों में समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर आधारित रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें स्वसहायता समूह के जरियें आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है दूर्ग के पाहंदा गांव में आत्मा समूह की महिलाये मशरूम उत्पादन कर रही हैं इस संबंध में आकाशवाणी समाचार ने बातचीत की स्व सहायता समूह की महिला पदाधिकारियों से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे महिला फूटबॉल मध्य गोवा में आयोजित नेशनल इनक्लुसन फुटबॉल कप प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की महिला टीम ने पंजाब को हराकर विजेता का खिताब हासिल किया है इसके साथ ही राज्य की दो खिलाड़ियों वंदना ध्रव और नीलिमा खाखा का चयन इंडिया कैम्प के लिए हुआ है ये दोनों खिलाड़ी फिनलैंड में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की महिला फूटबॉल टीम को बधाई दी है संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवीन सिन्हा ने कहा है कि लोगों को त्वरित न्याय मिले इसके लिए जरूरी है कि छोटे छोटे मामलों को आपसी सहमति से हल किया जाए सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने बरतला भटगांव थाने में बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी को लाईन अटैच किया है वहीं एक एएसआई और मुंशी को निलंबित कर दिया गया है प्रलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने रायपुर के मंदिर हसौद में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप में दरबा के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है स्कूली बच्चों में पठन कौशल का विकास करने के लिए प्रदेश के समी प्राथमिक शालाओं में पठन कौशल प्रतियोगिता का आयोजन आगामी अप्रैल महीने में किया जाएगा बीजापूर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी महासमुंद जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी राजनांदगांव जिले में आबकारी और प्रलिस की संयुक्त टीम ने चिचोला महाराजपुर निवासी एक व्यक्ति के वाहन से बहत्हर पौव्वा देशी शराब जब्त किया है